आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

मफ्त कोविड टीका देश में कोविड का टीका म्फ्त मिलेगा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी देते हए बताया कि केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को निश्ल्क लगाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री आज कोविड टीकाकरण प्र्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे टीके की स्रक्षा और उसके प्रभाव के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह ना हों डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी उन्होंने कहा कि आम लोगों में पोलियो टीकाकरण के दौरान भी हिचक देखी गई थी लेकिन बाद में यह अभियान बहत सफल रहा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पूर्वाभ्यास चार राज्यों में किए गए पूर्वाभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया गया है उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाये जाने को छोड़कर टीकाकरण की बाकी सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीके लगाए जाने के लिए करीब दो हजार लोगों को प्रशिक्षित किया गया है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों को तैयार किया गया है

उत्तराखंड में भी इसकी श्रुआत कर दी गई है राजधानी देहराद्न में पांच अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन श्रू किया गया

उन्होंने कहा सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं ठीक हैं

ज़िला मुख्यालय में आज सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे हालांकि इस दौरान बैंक अस्पताल और अन्य जरूरी सेवाओं को स्चारू रखा गया वाहनों के आवागमन में भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है प्रशासन के अन्सार फिलहाल जनवरी में हर शनिवार और रविवार को शहर में पूरी तरह लॉकडाऊन रहेगा जिलाधिकारी विजय क्मार जोगदंडे ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन को बढ़ाया भी जा सकता है

उनके फिजीशियन डॉ एनएस बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री पूरी तरह स्वस्थ हैं उनकी सभी जांच रिपोर्ट सामान्य आई हैं फिलहाल वे क्छ समय के लिये नई दिल्ली स्थित आवास में होम आइसोलेशन में रहेंगे

आजीविका मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से पौड़ी जिले की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिकी में सुधार हो रहा है

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए बाजार उपलब्ध हुआ है साथ ही उन्हें अपना हुनर दिखाने का भी अवसर मिला है धन सिंह रावतु प्रदेश के सहकारिता और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को श्रीनगर और थैलीसैंण में स्वीकृत आईटीआई भवन का कार्य जल्द श्रू करने के निर्देश दिये हैं तकनीकी शिक्षा विभाग और एनपीए वसूली को लेकर समीक्षा बैठक में उन्होंने पाबौं और बुंगीधर आईटीआई भवनों का लोकार्पण कर प्रशिक्षण शुरू करने को कहा इसके साथ ही उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने शिक्षकों की कमी के चलते पॉलिटेक्निक संस्थानों से हटाए गये संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात शिक्षकों को योग्यतान्सार दोबारा सेवा में रखने के निर्देश दिए हैं एनपीए वसूली को लेकर सहकारिता मंत्री ने कहा कि खाताधारकों को जल्द से जल्द एनपीए जमा करने को कहा गया है

उन्होंने बताया कि इनमें से अधिकतर लोगों ने बैंकों से पैसा लेकर द्सरे कामों में लगा दिया है और वह अपनी किस्तें जमा नहीं कर रहे हैं इसको लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जायेगी मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज बादल छाये हए हैं जिससे ठंड बढ़ गई है ऊंचाई वाले क्षेत्रों खासकर बद्रीनाथ केदारनाथ हेमकुंड फूलों की घाटी रूपकुंड रुद्रनाथ और बेदिनी बुग्याल में बर्फबारी हो रही है तापमान में भारी गिरावट के चलते बाजारों में भीड़ कम रही वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे के चलते यातायात भी प्रभावित हो रहा है राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि रविवार से कई पहाड़ी जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है वहीं चार और पांच जनवरी को मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है छह जनवरी से अधिकतम तापमान में गिरावट के कारण ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है मोनोग्राम उत्तराखण्ड प्रलिस के निरीक्षक से आरक्षी तक सभी प्लिसकर्मियों की कमीज के बायें बाजू पर उत्तराखण्ड प्लिस का मोनोग्राम यानि प्रतीक चिन्ह लगेगा प्लिस महानिदेशक अशोक क्मार ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं इससे पहले केवल निरीक्षक और उपनिरीक्षक स्तर के कर्मी ही मोनोग्राम लगा सकते थे प्लिस महानिदेशक ने कहा कि यह उत्तराखण्ड प्लिस का प्रतीक चिन्ह है इसलिए इसे प्रत्येक प्लिसकर्मी लगा सकता है इससे प्लिस बल में एकरूपता भी आएगी पीएम आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ निकाय और लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के अंतर्गत निर्मित आवासों में से सर्वश्रेष्ठ आवास के लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्कृत किया गया इनमें उत्तराखंड से चयनित गौचर अगस्तमुनि और विकासनगर के एक एक दंपति परिवार को भी सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ लेने वाले चमोली जिले के नगर पालिका गौचऱ निवासी रीना बिष्ट और उनके पति सफर सिंह बिष्ट को नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने का मौका मिला गौचर निवासी इस दंपति परिवार को पीएम आवास के तहत अच्छा घर बनाने के लिए सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री ने दंपती परिवार को वर्च्अली शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया

जिला तम्बाक् नियंत्रण सेल से जुड़े स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने पावर प्वाइंट के माध्यम से तम्बाकू के द्ष्परिणामों पर विस्तार से जानकारी दी म्ख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संविता हयांकी ने बताया कि हर साल जिला तम्बाकू कंट्रोल सेल दवारा स्कूलों और बाजार में लोगों को तम्बाकू के द्वष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाती है

उत्तरायणी मेला बागेश्वर जिले में कोरोना महामारी के कारण उत्तरायणी मेले को केवल धार्मिक स्वरूप में ही आयोजित किया जाएगा जिलाधिकारी विनीत क्मार ने यह जानकारी दी है मेले की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिलाधिकारी ने आज मेले की तैयारियों को जायजा लिया उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी इस दौरान अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी उन्होंने उपजिलाधिकारी को एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बनाते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त करने के निर्देश दिए